मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से गौ सेवा के लिए संकल्प लेने की अपील की कहा इससे ख्लेगा समृद्धि का रास्ता

उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया है इस फैसले की काफी समय से प्रतीक्षा थी आधार योजना की संवैधानिक वैघता और इस लागू करने संबंधी वर्ष दो हजार सोलह के कानून को चुनौती देने संबंधी याचिकाओं पर न्यायालय ने यह फैसला दिया प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि आधार योजना का उद्देश्य समाज के बेहद पिछड़े वर्गों तक लाभ पहुंचाना है क्योंकि विशिष्टि पहचान प्रमाण इन वर्गों को सशक्त बनाता है और इन्हें पहचान देता है न्यायालय ने कहा कि यह योजना अनूठी है तथा सर्वश्रेष्ठ होने से अनूठा होना कहीं अच्छा है न्यायालय ने आधार अधिनियम की धारा सत्तावन समाप्त कर दी जिसके तहत निजी कम्पनियां आधार डाटा मांग सकती थी लेकिन न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जरूरी होगी

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके डाटा सुरक्षा की सशक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि आधार योजना के तहत नाम दर्ज कराने के लिए यूआईडीएआई ने बहुत कम डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक डाटा एकत्र किया है न्यायालय ने कहा कि डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आधार योजना के तहत प्रमाणीकरण के लिए समुचित सुरक्षा तंत्र है न्यायालय ने कहा कि आधार कार्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता हो वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या की अवधारणा को न्यायिक समीक्षा के बाद पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया उन्होंने कहा कि देश में अब तक एक सौ बाईस करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से नब्बे हजार करोड़ रूपए से अधिक की बचत की है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है स्वाभाविक है कि यह निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है और आघार के कॉन्सेप्ट को आधार के लेजिस्लैशन को जूडिशल स्कूटनी के बाद स्वीकार किया गया है इसका हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आधार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस फैसले को सरकार की बड़ी जीत बताया है कांग्रेस ने आधार कानून की धारा सत्तावन को हटाने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है बसपा अध्यक्ष सुश्री मायावती ने भी सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को वैधता प्रदान करने का स्वागत किया है उच्चतम न्यायालय ने कल फैसला दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने संबंधी वर्ष दो हजार छः के न्यायालय के फैसले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था आरक्षण का लाभ देने के लिए इस वर्ग की क्ल आबादी पर विचार किया जाए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैंसला सुनाया उच्चतम न्यायालय के इस फैंसले के बारे में आकाशवाणी से खास बातचीत में कानून विशेषज्ञ अमित खेमका का कहना है इसका इम्पैक्ट ये है कि जो रिजर्वेशन्सप्रमोशन्स में करने की प्रार्थना है वो सुप्रीमकोर्ट ने उसे एमनागराज के जजमेंट के हिसाब से ही करने को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी निर्देश दिये है और उसे सात जज की बेंच की पीठ को रैफर करने से मना कर दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के फैसले को बसपा प्रमुख मायावती ने स्वागत योग्य बताया है उन्होंने सरकार से बिना कोई देरी किये इस फैसले को तत्काल प्रभाव से पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की मांग की है लखनऊ में जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि इस बारे में लोकसभा में लम्बित पड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित कराना आवश्यक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से गौ सेवा के लिये संकल्प लेने की अपील की है उन्होंने कहा कि हर परिवार को कम से कम एक एक गाय के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में चार करोड़ गाये है और तेईस करोड़ जनता ऐसे में पांच लोगों के बीच एक गाय का दायित्व आता है और इस दायित्व को समझना हर परिवार की जिम्मेदारी है इससे न केवल देश का प्रतीक गोवंश सुरक्षित रहेगा बल्कि समृद्धि का रास्ता भी खुलेगा श्री योगी कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवेद्यनाथ के पृण्यतिथि समारोह में आयोजित संगोष्ठी में भारतीय संस्कृति में गो सेवा का महत्व विषय पर बोल रहे थे उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार हर जनपद में एक गौ सदन का निर्माण करने जा रही है इसमें पांच हजार से दस हजार गोवंश के पश रखे जा सकेंगे इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गाय का दूध मनृष्य के लिये अमृत है वहीं गाय का गोबर खेतों के लिये वरदान भी है यह खेती को उपजाऊ ही नही बल्कि उत्पादन क्षमता को भी कई गुना बढ़ा देता है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश में चीनी का अधिक उत्पादन होने पर स्थिति से निपटने के लिए कल विस्तृत नीति को मंजूरी दे दी है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 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन को सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इसके अनुसार जीएस टीएन में गैर सरकारी संस्थाओं के स्वामित्व वाली इक्यावन प्रतिशत पूंजी केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर अधिगृहित कर ली जायेगी मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति दो हजार अट्ठारह को भी मंजूरी दे दी है दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि इससे सभी ग्राम पंचायतों को दो हजार बीस तक एक जीबीपीएस और दो हजार बाईस तक दस जीबीपीएस की डिजिटल संपर्क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी प्रतापगढ़ जनपद में करेन्ती सिराथू मार्ग पर गंगा नदी पर दो सौ अड़तालीस करोड़ नवासी लाख रूपये की लागत से सेत् का निर्माण कराया जायेगा

उन्होंने बताया कि कंडा विकासखंड के अन्तर्गत गंगा नदी में करेन्ती घाट पर सेत् निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है उन्होंने बताया कि एक हजार दो सौ बहत्तर मीटर लम्बे इस सेतु के दोनों ओर दो दो सौ मीटर का पहुंच मार्ग भी बनाया जायेगा इस सेतु के बन जाने से राष्ट्रीय राजमार्ग चौबीस पर स्थित कुंडा तहसील कौशाम्बी जनपद के सिराथू और नैनी से जुड़ जायेगी जिससे बड़ी संख्या में लोगों को आवागमन में सुविधा होगी प्रदेश में फसलों के अवशेष पराली न जलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायेगा इसके लिए तहसील स्तर पर स्कूली छात्र छात्राओं के बीच आगामी एक अक्टूबर को पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी जिसमें कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे प्रमुख सचिव कृषि अमित प्रसाद मोहन ने बताया है कि सभी जिलाधिकारियों को इस मामले में निर्देश दे दिये गये हैं उन्होंने कहा कि धान और गेहूँ की फसलों की कटाई के बाद फसलों के अवशेष पराली जलाये जाने से खेतों की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है और वातावरण प्रदूषित होता है